का इस्तेमाल करते हए नागरिकता संशोधन कानून के प्रति अपना समर्थन दर्शाएं उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है महाराष्ट्र मंत्रिमंडल महाराष्ट्र में उद्घव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार उद्वव ठाकरे के पुत्र और शिवसेना से विधायक आदित्य ठाकरे को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया है सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक बच्चू काडू को मंत्री बनाया गया है समृद्धि केन्द्र सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि सहकारिता जरूरतमंद और गरीबों को संगठित कर उनके उत्थान का बेहतर माध्यम है इसलिए प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को पुनः पुनर्जीवित किया जाएगा मध्यप्रदेश में सहकारिता के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी वे इंदौर जिले के सांवेर में प्रदेष के पहले किसान समृध्दि केंद्र का लोकार्पण करते हए किसानों को संबोधित कर रहे थे सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को खाद बीज कृषि यंत्र और अन्य कृषि आदान रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए किसान समुद्धि केंद्रों की स्थापना की जा रही है किसानों को किसान समुद्धि केंद्र से कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है युवा उत्सव रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो गया है कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने छात्राओं से सीधा संवाद कर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया इस दौरान श्री पटवारी ने विद्यार्थियों को खेलों की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

मौसम ठंड प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने से ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है उमरिया ग्वालियर और दतिया में न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस पर पहंच गया है मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पड़ रही ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है

उधर श्योपुर जिले में कोहरे से वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहीं शिवपूरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ठंड से मौत होने की खबर है उमरिया अशोकनगर पन्ना और सागर सहित कई जिलों के स्कूलों में आज से दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही बर्फीली हवा और नमी के कम होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोम के असर से कल से अगले दो तीन दिन तक बारिश का अनुमान जताया है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट संदेश के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी

एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हई है